अयोध्या फैसले के बाद शांति और व्यवस्था कायम रखने में पूरा समर्थन देने का दिलाया भरोसा अयोध्या मामले पर शीर्ष न्यायालय का फैसला आने के बाद पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम प्रशासन कानून व्यवस्था पर लगातार रखे हुए है नजर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जताया प्रदेशवासियों का आभार

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोमाल ने नई दिल्ली में प्रमुख धर्म गुरूओं के साथ बैठक की श्री डोमाल के निवास पर कल हुई इस बैठक के बाद धर्म गुरूओं ने एक संयुक्त वक्तव्य में संकल्प व्यक्त किया कि वे शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी उपायों में सरकार का पूरी तरह समर्थन करेंगे कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की आशंकाओं के बीच धर्म ग्रूओं ने लोगों से अपील की कि वे शांति और सदभाव बनाये रखें धर्म गुरूओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि दोनों समुदायों के करोड़ों भारतीयों ने न्यायालय का निर्णय स्वीकार करने में जिम्मेदारी संवेदनशीलता और संयम का परिचय दिया है उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बधाई दी रामजन्म भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में शांति बनी हुई है कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है राज्य पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था प्रवीन कुमार ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर लगातार नजर रख रही है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं ह कल बारावफात के मौके पर वाराणसी लखनऊ सहित तमाम शहरों में अत्यसंख्यक समुदाय की ओर से जुलुस निकाले गये अयोध्या में भी कल भव्य सरयू आरती हुई और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए श्रद्धालू राम की नगरी पहुंचने लगे हैं पुलिस एहतियात बरत रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं

इस बीच राज्य में स्कूल आज लगातार तीसरे दिन भी बंद रहेंगे

उन्होंने कहा कि यह फैसला उच्चतम न्यायालय का सर्वसम्मत निर्णय है और समाज के सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया है समाज ने जिस तरह से सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया है

समाज के सभी वर्गों को समाज के सभी संगठनों को समाज के सभी वर्गों के रेप्रेसेन्टेटिवस को इन सब ने अपना बहुत ही सकारात्मक योगदान किया है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सभी ने जिस अनुकरणीय सौहाई सम्मान और सहयोग का परिचय दिया है उसके लिये प्रदेश पुलिस आभारी हैं उन्होंने लोगों से भाईचारा और सौहाई बनाये रखने की अपील की है उधर अयोध्या में पुलिस अब कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियों में जुट गई है अयोध्या मुद्दे पर फैसला आने के बाद से पुलिस शहर में शांति बनाए रखने के लिए लगातार सतर्क है अपर पुलिस महानिदेशक और अयोध्या में सुरक्षा मामलों के प्रभारी आशुतोष पाण्डेय ने आकाशवाणी को बताया कि पुलिस ने हर समुदाय के लोगों को विश्वास में लिया है और लोग भी संयत रहे हैं उन्होंने कहा कि अब पुलिस मिली जुली आबादी वाले इलाकों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है अयोध्या को लेकर जो चर्चा थी उसमें पुलिस की सारी व्यवस्थाएं बहुत मुक्कमल थी बहुत अच्छी थी और इसमें सभी वर्गों को उन्होंने कॉफ्रिडेंस में लिया था

पार्किंग प्लेसेज थे इसके चलते कही किसी तरह की बात नहीं हुई इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों को कॉन्फिडेंस में लिए उसके चलते कोई उनका पस्लिक में रिएक्सन नहीं आया हम लोग उसमें ये एहतियात बरत रहे हैं जो मिश्रित आबादी वाले एरिया हैं जो हमारे चिन्हित हर्ट्स स्पॉट हैं उन एरियाज में हम लोग पेट्रोलिंग कराएं उन एरियाज के लोगों के बीच में हम कम्यूनिटी पुलिसिंग करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अगले वर्ष हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दस नवम्बर से बढ़ाकर पांच दिसम्बर कर दी है हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मकसूद खान ने बताया कि हज यात्रा के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास पांच दिसम्बर दो हजार उन्नीस तक जारी हुआ अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैदा बीस जनवरी वर्ष दो हजार इक्कीस तक हो प्रदेश से अब तक सोलह हजार लोगों ने हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किया है प्रदेश में पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस मिलाद उन नबी कल परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर पैगम्बर साहब के जीवन और शिक्षाओं की जानकारी देने के लिए जगह जगह पर मिलाद महफिलों और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया गया लखनऊ में अमीनाबाद स्थित झण्डे वाले पार्क से जुलूस ए मदहे सहाबा का जुलूस निकाला गया जो विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए ऐशबाग ईदगाह पर सम्पन्न हुआ रसूले खुदा के जन्मदिन के मौके पर लोगों ने अपने घरो को खूबसूरत रोशानी से सजाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद दी गोरखपुर आगरा बरेली मेरठ कुशीनगर जौनपुर हमीरपुर पीलीभीत औरैया बदायूं मैनपुरी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जुलूस निकाले गये पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषन का कल रात चेन्नई में निधन हो गया वे छियासी वर्ष के थे और पिछले कुछ वर्षो से बीमार थे उनका हृदय गति रूक जाने से कल रात पौने दस बजे निधन हो गया उन्नीस सौ पचपन बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी शेषन उन्नीस सौ नब्बे से उन्नीस सौ छियानवे तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे उन्होने रक्षा सचिव और कैबिनेट सचिव समेत केन्द्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया किन्तु उन्हें उन्नीस सौ नवे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद ही लोकप्रियता मिली अपने बेबाक अन्दाज के लिए प्रख्यात रोषन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अनेक बड़े चुनाव सुधार किए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शेषन के निधन पर शोक व्यक्त किया है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा है कि शेषन विलक्षण सरकारी अधिकारी थे प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनाव सुधारों की दिशा में शेषन के प्रयासों ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत और सहभागितापूर्ण बनाया है गृहमंत्री अमित शाह भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी कांग्रेस नेता शशि थरूर और मिलिन्द देवड़ा ने निर्वाचन आयोग में सुधारों के लिए टीएन शेषन को याद किया प्रदेश के कानून एवं न्यायमंत्री बृजेश पाठक ने राजधानी लखनऊ में कल अन्तर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि एकता व शान्ति ही मानवता के विकास का मूलमंत्र है उन्होंने कहा कि विश्व में बच्चों के सुरक्षित और सुखमय भविष्य के लिए पिछले कई वर्षो से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है श्री पाठक ने विश्वास जताया कि विभिन्न देशों से सम्मेलन में भाग लेने आये न्यायविदों एवं कानूनविदों की आवाज वैश्विक शान्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी आठ नवम्बर से शुरू हये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इकहत्तर देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद के सभापति न्यायमंत्री विश्व प्रसिद्व शान्ति संगठनों के प्रमुखों समेत दो सौ नबे से अधिक न्यायाधीश और कानूनविद प्रतिभाग कर रहे हैं सम्मेलन कल तक तक चलेगा

लर्निंग एण्ड स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत सिंगापुर जा रहे इन दिव्यांग बच्चों से राज्यपाल ने कहा कि उनमें सामान्य बच्चों की तरह विशेष प्रतिभा है इसलिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए खुद ही रास्ता बनायें उन्होंने बच्चों को सफल जीवन का मंत्र समझाते हुए कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सकारात्मक विचार कड़ी मेहनत और सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए